गृह विभाग द्वारा कल इसका आदेश जारी किया गया

निर्वाचन तैयारी छिन्दवाडा कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी वेद प्रकाश के मार्गदर्शन में दिव्यांग मतदाताओं को मतदान के लिये प्रेरित करने के लिये महारानी लक्ष्मीबाई शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में जागरूकता कार्यक्रम हुआ कार्यक्रम में दिव्यांगों को मतदाता जागरूकता अभियान में शामिल करते हुये उन्हें मतदाता जागरूकता के कैप वितरित किये गये निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार दिव्यांगों के लिये मतदान केन्द्र पर आवश्यकतान्सार सभी सुविघायें सुनिश्चित करने के निर्देश भी संबंधित अधिकारियों को दिये गये

नवरात्रि देश के विभिन्न भागों में आज महानवमी श्रद्धा और उल्लास से मनाई जा रही है यह नवरात्र का आखिरी दिन है राजधानी भोपाल में सुबह से ही लोग देवी मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना के लिये पहुंच रहे है दुर्गा पंडालों में भंडारे और कन्या भोज के आयोजन हो रहे है धार में माँ गढ़कालिका मंदिर अमझेरा की अमका झमका मंदिर समेत सभी देवालयों मे श्रद्वालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है कल बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व विजयादशमी मनाया जायेगा इस अवसर पर रावण कुंभकरन और मेघनाद के पूतले दहन किये जाते हैं मोपाल में भी दशहरे की तैयारियां जोर शोर से की जा रही है शहर के छोला मैदान टीटीनगर दशहरा मैदान संत हिरदाराम नगर कोलार भेल बाग मुगलिया समेत कई स्थानों पर कल रावण दहन के कार्यक्रम आयोजित किये जायेंगे

दुर्घटना मौत झाबुआ जिले के मेघनगर के पास रेलवे क्रॉसिंग पर आज सुबह त्रिवेंद्रम से हजरत निजामुद्दीन की ओर जा रही राजधानी एक्सप्रेस से एक ट्रक टकरा गया जिससे ट्रक चालक की र्मौत हो गयी इस वजह से इस ट्रैक पर कम से कम तीन घंटे यातायात प्रभावित रहा ट्रेन के सभी यात्री सुरक्षित हैं रतलाम और आसपास के स्टेशन से रेलवे के अमले ने पहुंचकर राहत और बचाव कार्य शुरू किया

राजधानी एक्सप्रेस को भी साढ़े ग्यारह बजे अपने गंतव्य की ओर रवाना किया गया इस दौरान विभिन्न ट्रेनों को आसपास के स्टेशनों पर रोका गया रेलवे प्रशासन ने ट्रक के टकराने के मामले की जांच शुरू कर दी है मौसम प्रदेश में दिन और रात के तापमान में अंतर बना हुआ है दिन में जहां तीखी धूप निकल रही है वहीं रात के तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है पिछले चौबीस घण्टों में प्रदेश में सर्वाधिक तापमान सैतीस डिग्री सेल्सियस खजुराहो खण्डवा और नौगांव में दर्ज किया गया वहीं सबसे कम तापमान पन्द्रह डिग्री सेल्सियस मण्डला और बैतूल में रहा पिछले चौबीस घंटो में अधिकतम और न्यूनतम तापमानों में सभी संभागों में विशेष परिवर्तन नहीं हुआ जबलपुर और होशंगाबाद संभागों में सामान्य चंबल संभाग में सामान्य से कम और शेष संभागों में सामान्य से अधिक तापमान दर्ज किये गये वहीं न्यूनतम तापमान रीवा जबलपुर सागर होशंगाबाद और भोपाल संभागों में सामान्य और शेष संभागों मे सामान्य से अधिक रहे